राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश के तुरंत बाद प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा

मुकेश कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्रिहोत्री ने बरसात से प्रदेश में हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि यह नुकसान तेज बारिश से हर वर्ष होता है फिल्ड में रहकर नुक्सान कम हो इसके लिए सतर्कता रखी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि जो नुक्सान बरसात के कारण सड़कों पुलों व अन्य संपति का हुआ है उसको जल्द ठीक करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए वहीं केंद्र सरकार से भी राहत के लिए विशेष बजट मांगा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार के ऐसे प्रस्ताव को कांग्रेस विधायक दल का भी समर्थन रहेगा ताकि प्रदेश को उचित बजट मिल सके और पैसे के अभाव के कारण नुक्सान को ठीक करने में देरी नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि बारिश से होने वाले नुक्सान को कम किया जा सकता है रोकना संभव नहीं है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचारपत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

दैनिक न्याय सेतु के शब्द हैं बारिश ने प्रदेश भर में मचाया कहर जान खतरे में सड़कें अवरुद्ध

अमर उजाला की एक खबर है तीन सौ रुपये बढ़ा मिड डे मील हेल्परों का मानदेय

बैंक चुनाव के लिये नर्सिंग छात्राएं भी वोटर शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का कमाल नियम भी हुए बेहाल अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय कैसा आपदा प्रबंधन में लिखा है कि प्रदेश में बीते दिन हुई बारिश ने पूर्व आपदा प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी है प्रशासन की भूमिका आंकड़े जुटाने तक सीमित रही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 नमस्कार